हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी विभागों बोर्डो निगमों शैक्षणिक संस्थानों में डिजी लॉकर को अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिये मानवाधिकार दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मध्बन प्लिस अकादमी में मुख्य द्वार सहित बुद्वा पार्क का उदघाटन किया

उन्होंने कहा कि खादयएवं सार्वजनिक वितरण विभाग राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के सहयोग से सार्वजनिक विरतण प्रणाली में में ओर सुधार करने के लिए पारदर्शिता लाने और कुशलता सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लक्षित कार्यो का पूरी तरह से कम्प्यूटरीकरण करने के अमल को लागू कर रहा है

उन्होंने बताया कि ऐसे उपहारों को बेचने के लिए पिछले पांच वर्षो में तीन बार नीलामी की गई इससे पहले प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि नीलामी से एकत्रित ह्ये धन का इस्तेमाल गंगा के संरक्षण और कायाकल्प् के लिए किया जायेगा

उन्होंने बताया कि चार राज्यों दिल्ली तेलगांना ओडिशा और पश्चिम बंगाल ने इस योजना को नहीं अपनाया है

डेरा प्रम्ख राम रहीम पर चल रहे रंजीत हत्या मामले में बचाव पक्ष द्वारा सीबीआई की अदालत बदले जाने की मांग को लेकर लगाई गई याचिका खारिज हो गई है बचाव पक्ष दवारा याचिका पिछली सुनवाई पर दाखिल की गई थी आज पंचक्ला स्थत सीबीआई की विशेष अदालत में न्यायाधीश जगदीप सिंह के समक्ष मामले के एक आरोपी कृष्ण ने हाज़री माफी की अपील की वहीं आरोपी गुरमीत राम रहीम वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये जबकि आरोपी प्रत्यक्ष रूप से अदालत में पेश हुये

हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी विभागों बोर्डो निगमों शैक्षणिक संस्थानों और विश्व विद्यालयों मे डिजी लॉकर को अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिये है एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य में सभी विभागों एवं एजेंसियों को भी अपनी जरूरतों के अनुसार खुद को डिजी लॉकर पर पंजीकृत करने के निर्देश दिये गये है ्ु मानवाधिकार दिवस पर आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल प्लिस अकादमी में नवनिर्मित अर्ज्न की प्रतिमा और मुख्य दवार सहित ब्दवा पार्क का उदघाटन किया

इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये एक अच्छी पहल है बृदवा पार्क के ट्रैक पर चलने से यहां जवानों के शरीर को साधन में मदद मिलेगी वहीं प्रतिज्ञा स्थल सत्य बोलने और झूठ की पहचान करने के लिए प्रेरित करेगा म्ख्यमंत्री ने कहा कि मध्बन स्थित एफएसएल प्रयोगशाला मे जल्द ही बार कोड प्रणाली श्रू की जायेगी जिससे किसी कर्मचारी की जानकारी के बिना वस्त् का समयबद्व परीक्षण किया जा सकेगा उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ म्हिम को सार्थक रूप देने के लिए एप्प और हैल्पलाइन नंबर जारी किया गया है इस मौके पर पानीपत फिल्म पर उठे विवाद पर उन्होंने कहा कि इस बारे में बह्त कुछ सुनने में आ रहा है इस बारे मे विचार करने के बाद ही कोई निर्णय लिया जायेगा हरियाणा प्लिस ने दिल्ली प्लिस की अति वांछित् सूची में शामिल एक अपराधी को सोनीपत जिले से गिरफ्तार किया है प्लिस ने उसके कब्जे से एक देसी पिस्तौल और छः जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं पुलिस विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान जिला सोनीपत के ललहेड़ी निवासी मोन् के रूप में हुई

यम्नानगर में आज स्बह छाये कोहरे के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा हमारे संवाददाता ने बताया है कि दृश्यता कम होने पर वाहन चालकों को सबसे ज्यादा दिक्कत हुई जगाधरी पांवटा राष्ट्रीय राजमार्ग पंचक्ला यम्नानगर राजमार्ग बिलासपुर मार्ग सहारनपुर क्रूक्षेत्र पर धुंध के कारण दिखाई न देने पर दर्जनों वाहन चालकों ने अपने वाहन सड़क किनारे खड़े कर दिये वहीं खराब मोंसम के चलते लक्कड़ मंडी ग्ड़ मंडी सब्जी मंडी व धास मंडी में माल की आवक देरी से हुई है हरियाणा प्लिस ने सर्दियों में ध्ंध व कोहरे के दौरान सड़क यातायात को स्रक्षित रखने के लिए यातायात एडवाइजरी जारी की गई है प्लिस विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि आने वाले दिनों में कोहरे व ध्ंध के चलते सड़कों पर दृश्यता कम रहेगी ऐसे मे सड़कों पर वाहन का प्रयोग करते समय अधिक धीमी गति बरतने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि एडवाइजरी में यात्रियों को वाहन चलाने एवं गंतव्य स्थान पर जाने से पहले मौसम की जानकारी लेने का भी आग्रह किया गया है भिवानी में जाट समाज ने आज पानीपत फिल्म पर आपति जताई है और कहा कि इस फिल्म में महाराज सूरजमल के चरित्र को गलत ग से पेश किया गया है भिवानी की जाट धर्मशाला मे आयोजित एक पत्रकारवार्ता में समाज के नेता मंगल सिंह सुई बलबीर सिंह बज़ाड़ रणबीर बेनिवाल व कमल प्रधान ने कहा कि इस फिल्म में महाराज सूरजमल को लेकर जो भी दिखाया गया है वो गलत है महाराज सूरजमल एक महान योदवा थे उन्होंने मुगलों से लड़ने के लिए मराठाओं के सामने तीन शर्ते रखी थी लेकिन भाऊ ने दिल्ली जीतने के बाद अंहकार में आकर महाराज सूरजमल की शर्ते मानी जिसके चलते मराठाओं की हार ह्ई बाबजूद इसके महाराजा सुरजमल ने मराठाओं के घायल सैनिकों उनके बच्चों व महिलाओं को संरक्षण देकर उनकी सेवा की और उन्हें उस समय लाखों रूपये देकर अपने सैनिकों की सुरक्षा में महाराष्ट्र भेजा था जाट नेता गंगाराम श्योरण ने केन्द्र सरकार से पानीपत फिल्म को प्रतिबंधित करने और फिल्म के निर्माता पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की